हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य संरकार ने हाल ही में इंग्लैंड से लौटे लोगों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए स्वरूप की पहचान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण की मदद लेने का फैसला किया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा कि जो लोग भी इन कोरोना वायरस पीडित मरीजों के संपर्क में आए हैं उनकी पहचान करते हुए उनका कोविड परीक्षण कराया जा रहा है इसके साथ ही इन लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है

प्रदेश में हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट जॉन की संख्या भी लगतार कम हो रही है और इस बिमारी से ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी इजाफा हो रहा है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कोविड अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना वायरस के नए प्रकार के परीक्षण के लिए पर्याप्त इंजजम करें मुख्यमंत्री ने लोगों से भी सुरक्षित रहने के लिए सभी एहतियात बरतने को कहा है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में और खासतौर पर राजघानी लखनऊ में कोरोना से ठीक होने की दर को और बेहतर किया जाए सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनरू अब तक दस ऐसे लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीद हो रही है किसानों को एमएसपी का पूरा लाम दिलाना ही राज्य सरकार की मंशा है उन्होंने धान खरीद का कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुये कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा धान की खरीद हुयी है मुख्यमंत्री आज विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे धान क्रय केन्द्रों को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश देते हुये उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कांटे की व्यवस्था की जाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सशक्त युवा सशक्त समाज अभियान के तहत आज बलरामपुर जिले में युवाओं और महिला मंगल दल से वर्वुअल संवाद किया जिलाधिकारी करूणा करूणेश ने यह जानकारी देते हुये बताया कि सशक्त युवा सशक्त समाज के तहत जिले के युवाओं और महिला मंगल दल को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री के वितरण का शुभारम्भ किया गया इंस अवसर पर श्री योगी ने युवाओं से वर्चुअल संवाद भी किया मुख्यमंत्री ने युवक मंगल दल से युवा वर्ग को नशा मुक्त करने गांव में साफ सफाई रखने खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का आहवान किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व है सरकार ने इस समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृति में ऐतिहासिक बदलाव किया है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने बताया कि दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के चार करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले पांच वर्षों के वास्ते उनसठ हजार अड़तालिस करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति का साढ प्रतिशत स्वयं वहन करेगी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी वाराणसी में एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी जिले के मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उददेश्य से किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवापूरी के विघायक नील रतन पटेल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये सड़कें और बिजली का होना आवश्यक है अपर महानिदेशक पत्र एवं सूचना कार्यालय आरपी सरोज ने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी देते हुये वैश्विक महामारी कोरोना के वैक्सीनेशन पर सोशल मीडिया में आ रही भ्रामक सूचनाओं पर पत्रकारों के जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा पीआईबी द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी उन्होंने कृषि बिल को लेकर किसानों के बीच पैदा हुये श्रम को दूर करने के लिये पत्रकारों का आह्वान किया पत्र एवं सूचना कार्यालय वाराणसी के प्रभारी और कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रशान्त कक्कड़ ने कहा कि यह वार्तालाप कार्यक्रम दो तरफा संवाद का माध्यम है